खासतौर पर प्रदेश के निचले जिलों कांगड़ा हमीरपुर उना बिलासपुर और मंडी में लोगों में लोहड़ी पर्व को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है इस दौरान बच्चे पारम्परिक गीत गाकर लोहड़ी मांगते हैं और शाम के समय लोग अलाव जलाकर तिल की रेवड़ियां गचक व मूंगफली अग्निदेव को चढ़ाते हैं इसके बाद इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं बधाई राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने प्रदेशवासियों को लोहड़ी पर्व की बधाई दी है राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि ये पर्व लोगों के जीवन में समुद्धि और खुशहाली लाएगा अपने बधाई संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये उत्सव जहां खुशियां बांटने का अवसर देता है वहीं आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस बीच मण्डी व शिमला ज़िले की सीमा पर स्थित प्रसिद्व धार्मिक स्थल तत्तापानी में मकर संक्रांति मेले व पर्यटन उत्सव के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र आज शाम सतलुज आरती में भाग लेंगे और कल मकर संक्रांति के अवसर पर पर्यटन उत्सव का शुभारम्भ करेंगे

इसमें देशभर के दो हज़ार से अधिक विद्यार्थी अध्यापक और अभिभावक भाग लेंगे प्रधानमंत्री इस दौरान परीक्षा के तनाव से निपटने के लिए छात्रों के सवालों के जवाब भी देंगे

आयुष ने कहा कि प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बेहद उत्साहित है गोविंद ठाकुर वन मंत्री गोविंद ठाक्र ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम से पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धर्म के नाम पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता का अधिकार मिलेगा सोलन जिला के दून में कल इस अधिनियम को लेकर आयोजित जनजागरण अभियान को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये अधिनियम नागरिकता देने के लिए है न कि देश में रह रहे नागरिकों की नागरिकता छीनने का गोविंद ठाकुर ने कहा कि अधिनियम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सही मायनों में श्रद्वांजलि है मौसम प्रदेश के उंचाई वाले इलाकों में आज रुक रुककर बर्फबारी जबकि अन्य भागों में बादल छाए हुए हैं और कुछ क्षेत्रों में वर्षा भी हो रही है इससे कड़ाके की ठंड का दौर जारी है और लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं जनजातीय जिला लाहौल स्पिति के केलांग में डेढ फुट और कोकसर में तीन फुट ताजा हिमपात हुआ है जिले में हिमस्खलन की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है किन्नौर और चंबा जिले की उंची चोटियों पर भी हिमपात हो रहा है राजधानी शिमला सहित आसपास के इलाकों में घने बादलों के साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं

विभाग ने आज उच्च व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा व हिमपात जबकि निचले मैदानी इलाकों में एक दो स्थानों पर गरज के साथ भारी वर्षा व ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर मौसम से जुड़ी खबर को आज अधिकतर समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक है पहाड़ों पर बर्फबारी आज कई जिलों में ऑरेंज येलो अलर्ट पंजाब केसरी की सुर्खी है प्रदेश के ऊचे इलाकों में बर्फबारी शुरू दैनिक जागरण के शब्द हैं फिर बर्फबारी बढ़ी दिक्कतें प्रदेश में आठ जिलों के लिये आज भारी हिमपात का अलर्ट

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज के बयान को पंजाब केसरी ने शीर्षक दिया है प्राथमिक स्कूलों में संस्कृत विषय होगा आरंभ